लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक पारित

नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और उत्तर बिहार में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हो गयी है नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण बिहार सरकार और पड़ोसी देश नेपाल ने अलर्ट जारी किया है तटबंध और दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गयी है सुपौल और खगड़िया जिले में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है अररिया जिले में बकरा नूना और खरहा नदियों के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र में बकरा नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है वहीं खरहा नदी का पानी नरपतगंज प्रखंड के दर्जनों गांव में प्रवेश कर चुका है किशनगंज में महानंदा नदी का पानी कोचाधामन और किशनगंज प्रखंड के दस से अधिक गांवों में फैल चुका है पश्चिम चम्पारण जिले में गंडक सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है जिले के रामनगर प्रखंड के हरिहरपूर गांव के पास मसान नदी पर बना सुरक्षा बांध ट्रट गया है जिससे एक दर्जन से अधिक घर डूब गये बगहा वाल्मीकिनगर मुख्य मार्ग पर मनोर और भापसा नदी का पानी बह रहा है वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिले के नरकटियागंज स्टेशन पर बाढ़ का पानी पटरी पर आ गया है जिससे लौरिया नरकटियागंज रेलखंड पर रेल यातायात बाधित है पूर्वी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी का पानी नये इलाकों में प्रवेश कर रहा है बंजरिया गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है वहीं चौलाहां फुलवार मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है ढाका शिवहर के बलवाघाट पर पानी फैल गया है जिससे ढाका का शिवहर से संपर्क भंग हो गया है सुगौली प्रखंड क्षेत्र में भी एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है इधर दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ का पानी शुभंकरपुर से लेकर रत्नोपट्टी बाजिदपुर महदौली सहित पश्चिमी भाग में फैलने लगा है सदर प्रखंड के जीवछघाट में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है कमला नदी का पानी रानीपुर पंचायत के निचले इलाके में प्रवेश करने लगा है जिससे लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गयी है इधर सीतामढ़ी जिले में बागमती का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है अधवारा समूह की नदियां भी उफान पर है सीतामढ़ी शहर का निचला इलाका जलमग्न हो गया है वहीं मधुबनी जिले में कमला कोसी भूतही बलान और अधवारा समूह सहित अन्य नदियों के जलस्तर में भी उतार चढ़ाव जारी है बाढ़ की विभीषिका को देखते हुये दरभंगा में शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक जबकि सीतामढ़ी में सत्ताईस जुलाई तक बंद कर दिये गये हैं इधर बाढ़ के कारण सीतामढ़ी शिवहर और मध्रबनी जिले का नेपाल से पिछले पन्द्रह दिनों से सड़क सम्पर्क बाधित है इस कारण दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्वि हुई है प्रदेश के बाढ़ प्रभावित बारह जिलों में एक हजार दो सौ चालीस पंचायत की लगभग बयासी लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अभी सिर्फ दो जिलों सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में राहत शिविर चलाये जा रहे हैं सीतामढ़ी के उनतालीस राहत शिविरों में इक्कीस हजार लोगों ने शरण ले रखी है जबकि मुजफ्फरपुर के तीन राहत शिविरों में चौदह सौ लोग शरण लिये हुये हैं वहीं विभिन्न जिलों में आठ सौ पैंतीस सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है एनडीआरएफ एसडीआरएफ और एसएसबी के छब्बीस दल राहत और बचाव कार्य में ज़टे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ से अब तक एक सौ तेईस लोगों की मौत हो चुकी है सबसे अधिक सीतामढ़ी में सैंतीस लोगों की मौत हुई है जबकि मध्रबनी में तीस अररिया में बारह पूर्णियां में नौ शिवहर और दरभंगा में दस दस किशनगंज में पांच मुजफ्फरपुर में चार सुपौल में तीन पूर्वी चम्पारण में दो और सहरसा में एक व्यक्ति की मौत की खबर है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है वहीं शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना बनी हुई है

लोकसभा ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया है सदन में बहस का उत्तर देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक में ऐसे व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो आतंकवाद से जुड़े किसी भी गतिविधि में भाग लेता है बाईट यूएपीए ने व्यक्ति विरोष को कब आतंकवादी घोषित किया जायेगा इसका प्रावधान है आतंकवादी कार्यकर्ता है या उसमें भाग लेता है आतंकवादी को अमिवृद्धि देने के लिए धन मुहैया कराता है तो मैं मानता हूं उसको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए आतंकवाद को फैलाने के लिए जो अप प्रचार होता है वो आतंकवाद का मूल है विधेयक में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के महानिदेशक को जांच के दौरान सम्पत्ति की जब्ती का अधिकार भी दिया गया है राज्यसभा में बाल यौन अपराध संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस पारित हो गया विधेयक में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा में वृद्धि का प्रावधान किया गया है अब इन अपराधों के लिए मौत की सजा भी दी जा सकेगी विधेयक के अनुसार सोलह साल से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाले लोगों को बीस साल तक की कैद की सजा दी जा सकेगी जो मौत की सजा तक बढ़ाई जा सकती है विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पॉक्सो के तहत यौन प्रताड़ना के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार ने एक हजार तेईस फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की मंजूरी दी है भोजपुर जिले में सोन नदी पर बने कोईलवर पुल पर आज से छह सितम्बर तक बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है पुल के दक्षिणी छोड़ पर निर्माण कार्य होने के कारण यह फैसला किया गया है इस अवधि में छोटे वाहनों की सामान्य आवाजाही होगी पटना के बिहटा स्थित आईआईटी परिसर में भूकम्प इंजीनियरिंग शोध केन्द्र का निर्माण होगा इस कोन्द्र के निर्माण के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने विकास निधि से सात करोड़ दस लाख रूपये उपलब्ध कराये हैं शोध कोन्द्र में आईआईटी पटना रूड़की और अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञ भूकम्प इंजीरियरिंग पर अध्ययन कर निर्माण क्षेत्र में भूकम्परोधी तकनीक का विकास करेंगे डाक ग्रामीण जीवन बीमा धारक अब अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान ऑनलाईन कर सकेंगे आज से यह सेवा शुरू हो रही है पटना जीपीओ के चीफ पोस्ट मास्टर राजदेव प्रसाद ने बताया कि यह सुविधा डाक विभाग की वेबसाईट इंडिया पोस्ट डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है जमुई जिले के चन्द्रदीप थाना क्षेत्र के अलीगंज बाजार में एक व्यक्ति को गोलीमार कर भाग रहे युवक की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी झारखंड के दुमका में एक ऑटो रिक्शा के हाईवा से टकरा जाने के कारण पूर्णियां के तीन कांवरियों की मौत हो गयी मृतक जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के सपहा गांव के रहने वाले थे पटना जिले के बाईपास थाना क्षेत्र अन्तर्गत रानीपुर पजवा के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाईकिल के डिवाईडर से टाकरा जाने के कारण दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये सीवान जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है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 दैनिक भास्कर ने लिखा है एंटी टेरर बिल लोकसभा में पारित अब व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा सम्पत्ति जब्त होगी हिन्दुस्तान ने इसी खबर को शीर्षक दिया है आतंकवाद पर कड़े प्रहार का बिल पास दैनिक जागरण की सुर्खी है उत्तर बिहार में फिर बाढ़ की स्थिति भयावह तेरह की मौत प्रभात खबर लिखता है नगर निकाय चुनाव खर्च की सीमा हुई दोगुनी आज की सुर्खी है बिहार बोर्ड का बदलेगा कानून आईएएस ही होंगे अध्यक्ष राष्ट्रीय सहारा लिखता है चांद पर बीस अगस्त तक पहुंच जायेगा चन्द्रयान टू

लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक पारित